वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार यह वृद्धि आज से प्रभाव में आ गई है

कर वृद्धि के पीछे राज्य सरकार ने वैश्विक महामारी के कारण राज्य के राजस्व संग्रहण में आई कमी का तर्क दिया है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े दस हजार के करीब पहॅच गई है

वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट जावद की एक महिला की है जिसकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है

वहीं श्योपूर में तहसीलदार कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं शिवपुरी में कल प्राप्त सभी रिपोर्ट निगेटिव मिली है छिन्दवाड़ा में कल देर रात प्राप्त रिपोर्ट में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले दिनों चेन्नई से लौटा ये संक्रमित सौंसर के क्वारंटिन सेंटर में भर्ती है राजगढ़ जिले के ब्यावरा और पचोर में दो नये मरीजों का पता चला है

आबकारी निर्देश आबकारी आयक्त ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि देशी और विदेशी मदिरा दकानों के विभागीय संचालन की स्थिति में विक्रयकर्ता और चौकीदार के रूप में केवल पुरुष कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाये आबकारी विभाग नगर सैनिक और आउटसोर्स एजेंसी से प्राप्त पुरुष कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाये गौरतलब है कि रीवा की एक शराब द्वकान पर महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया गया था

इसके साथ ही किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में सभी किसानों के लिए जारी रहेगी बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है

पार्क प्रबंधन के अनुसार इनका जन्म हाल ही में हुआ है

वहीं रात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हई है

मौसम विभाग ने एक दो दिन में मानसून के प्रदेश में दस्तक देने की संभावना जताई है विभाग के मुताबिक आज शहडालेजबलपुरहोशंगाबादइन्दौर और उज्जैन संभागों में गरज चमक के साथ बौछारे पड़ सकती है फीवर क्लिनिक कोरोना संक्रमण के दौरान अन्य बीमारियों से पीढ़ित फीवर क्लिनिक से आम नागरिकों को लाभ मिलने लगा है

इन क्लिनिकों से कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने में भी आसानी हुई है

कोरोना संक्रमण को देखते हए इन केंद्रों पर आने वाले अभिभावक गणों और माताओं के हाथ धुलाई के लिए साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है इन टीकाकरण केंद्रों पर बिना मास्क के प्रवेष प्रतिबंधित किया गया है

कलेक्टर ने अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिबंध लगाये हैं